और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के पांच प्रमुख अंतर्राज्यीय प्रवेश द्वारों पर खनन पड़ताल चौकियों के किए उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली के मीटर लगाने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत निर्धारित करने के मामले में ऊर्जा मंत्री से विस्तृत रिपोर्ट तलब करने की बात भी कही मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज किया कि पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती अनुबंध आधार पर हुई है उन्होंने कहा कि कांस्टेबलों की भर्ती नियमित आधार पर होती है और विपक्ष को बोलने से पहले बजट का अध्ययन कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने तय सीमा के भीतर ही कर्ज लिए हैं और प्रदेश को दिवालिएपन की कगार पर पहुंचाने के विपक्ष के आरोप गलत हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने धरातल पर जो काम किया है उसका असर भी अब लोगों में दिखाई दे रहा है और भाजपा के पक्ष में आए चुनाव के नतीजे इसका ताजा उदाहरण हैं उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें सिर्फ दो साल ही काम करने का मौका मिला इसके बावजूद सरकार ने कांग्रेस के तीन साल के कार्यकाल से बेहतर काम किया है इससे पूर्व मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जवाब के बीच ही सदन से वाकआउट कर दिया विपक्ष की मांग थी कि मुख्यमंत्री महंगाई बेरोजगारी कर्ज पुलिस कर्मियों के अनुबंध और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर सदन में घोषणा करे

इसके फलस्वरूप राज्यों का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है

इसी अनुमति के अनुसार प्रदेश सरकार अपनी कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने जा रही है

इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इसे प्रदेश के भविष्य के लिए घातक कदम करार दिया उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि बिल को पेश करने पर ही सरकार इसे वापस ले ले अग्निहोत्री ने कहा कि इस बिल के पेश होने से साबित हो गया है कि सरकार किस तरह अंधाधुंध कर्जे ले रही है और इससे विपक्ष का ये दावा भी सही साबित हुआ है जिसमें कहा गया था कि सरकार कर्जे पर चल रही है मांग चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की कुमार पंचायत में बसें न चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जनजातीय विकास मंच चंबा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने सरकार से क्षेत्र के लिए सुचारू रूप से बसें चलाने की मांग की है ताकि विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को किलाड़ तक आने जाने की सुविधा मिल सके

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कम वर्षा व बर्फबारी के कारण पैदा हुए सूखे जैसे हालात पर चिंता जताई और कहा कि सरकार द्वारा इनसे निपटने के लिए तैयारिया की जा रही है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार यदि वर्षा न हुई तो प्रदेशवासियों को जबरदस्त सूखे का सामना करना पड़ेगा ऐसे में सूखने वाली पेयजल योजनाओं को उन दूसरी पेयजल योजनाओं से लिंक किया जाएगा जिनमें पानी मौजूद होगा उन्होंने विधायकों से कहा कि सूखे से निपटने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले इस तरह के कदमों का वह विरोध न करें

उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में जनजातीय और दर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ऐसे क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके विधायक रीना कश्यप विनय कुमार राकेश सिंघा पवन नैय्यर सतपाल रायजादा विनोद कुमार किशोरी लाल अर्जुन सिंह कर्नल इंद्र सिंह ने भी अपने अपने सवाल पूछे

मुख्यमंत्री आज शिमला में स्वर्णिम हिमाचल समारोह और रथ यात्रा से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के बारे में युवाओं को शिक्षित करने पर विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए बैठक में मंत्रिमण्डल सदस्यों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्व है और इसके लिए कई कदम उठाए गए है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से ऊना जिले के पांच मुख्य अतर्राज्यीय प्रवेश द्वारों बाथडी पोलिंया पंडोगा मैहतपुर और गगरेट में खनन पड़ताल चौकियों को उदघाटन के बाद ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौकियों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की गई है उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी सजा का प्रावधान किया है इस अवसर पर बाथड़ी में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ये खनन पड़ताल चौकियां अवैध खनन और पड़ोसी राज्यों में अवैध खनिज के यातायात को रोकने में साहयक सिद्ध होंगी भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि नगर निगमों के चुनावों के लिए पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी ये बात आज उन्होंने नगर निगम चुनावो को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में एक चुनाव कार्यालय खोला जाएगा जिसमें चुनावों की गतिविधियों को ब्योरा रखा जाएगा

आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारेगी